आज ग्जरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में वर्च्अल माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के अधिकारों की स्रक्षा हो या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की आवश्यकताए न्यायपालिका ने हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून का शासन हमेशा से भारतीय संस्कृति और मूल्यों का आधार रहा है और यही स्शासन का आधार है

इस दौरान वे यहां दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे

इस दौरान कृषि कानूनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हए कैंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों कि आमदनी दोग्ना करने का रोड मैप है उन्होंने कहा कि किसानों में भ्रम की स्थिति है ऐसे में किसान स्वयं नही बता पा रहे हैं कि किस प्रकार का संशोधन किया जाए

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्वांजलि दी है

इस दौरान विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे